प्रधानमंत्री के जल संरक्षण को लेकर दिये गये सुझावों पर अमल के लिए राज्य में जल सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे

इस अवसर पर विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया जायेगा

कई जिलों में हुई बारिश किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छह करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में एक हजार दो सौ तीस करोड़ की राशि सीधे अंतरित की गई है अब सभी किसान इस योजना के दायरे में आयेंगे राज्यसभा में कल कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि योजना में दो करोड़ अतिरिक्त किसानों को लाभ उपलब्ध कराया जायेगा

यह पत्र आज ग्राम सभाओं में पढ़कर सुनाया गया सभी सरपंचों और ग्राम विकास से जुड़े सदस्यों ने प्रधानमंत्री की सलाह पर अमल करने और जल संरक्षण के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने की शपथ ली

उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के संदेश का वाचन किया जायेगा ग्रामीणों की पेयजल संबंधी समस्याओं और उनके निदान विषय पर चर्चा की जायेगी साथ ही उन्हे जल संरक्षण की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में बताया जायेगा खदान मौत प्रदेश में आज दो अलग अलग स्थानों पर खदान धंसकने से सात लोगों की मौत हो गई बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन के दौरान पांच मजदूरों की मिट्टी का टीला धंसकने से मौत हो गई जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी उधर उमरिया जिले की सुनेहरा में खदान धंसकने से दो महिलाओं की मौत की खबर है सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी नल जल योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने बताया है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल प्रदाय के लिए मौजूदा वित्तवर्ष में एक हजार पैतीस करोड़ रुपये की लागत की एक हजार एक सौ पचास नल जल योजनायें स्वीकृत की गई हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार इनमें से साढ़े तीन सौ योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है दो सौ दस योजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गई है और छह सौ पैतीस योजनाओं की डीपीआर प्रक्रियाधीन है उन्होंने कहा कि इसी के साथ पहले से चल रही छह सौ चौहत्तर नल जल योजनाओं को अक्टूबर माह तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है श्री पांसे ने बताया कि नल जल योजना के कियान्वयन के दौरान ही संबंधित ग्रामों और बस्तियों में घरेलू नल कनेक्शन भी दिये जा रहे हैं प्रकरण दर्ज गुना जिले में कोतवाली पुलिस ने विधायक निधि के दुरूपयोग के मामले में आज नगर पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह सलूजा सहित छह लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया पुलिस सूत्रों के अनुसार इन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है मुख्यमंत्री निर्देश प्रदेश में स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित सात नगर निगमों के अलावा शेष नौ नगर निगमों में भी अधिक से अधिक नागरिक सुविधाएँ देने के लिए अधोसंरचना उन्नयन की अलग से विशेष योजना बनाई जायेगी

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश के सात नगर निगमों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया है

सभी बच्चों का उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन किया जायेगा अभियान को सफल बनाने के लिये जन प्रतिनिधियों मिल बांचें एवं प्रणाम पाठशाला के स्वयंसेवक स्थानीय नागरिकों पालकों शिक्षाविदों गैर सरकारी संगठनों तथा सभी शासकीय विभागों से अपील की गई है स्क्रलों में पहले दिन बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जायेगा और उन्हें पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जायेंगी प्रवेश उत्सव में पालकों स्थानीय नागरिकों और अन्य जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है सभी से अपेक्षा की गई है कि सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करायें और उन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल पहुंचायें आंगनबाड़ी प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाये जा रहे दस्तक अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आंगनबाड़ी स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जायेगा इसके तहत तीन राज्यस्तरीय पुरस्कार जिला कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत के लिए होंगे राज्यस्तरीय तीन पुरस्कारों में पहला दो लाख दूसरा एक लाख और तीसरा पचास हजार रुपये का रखा गया है संभागस्तर पर पहला पुरस्कार एक लाख रुपये का है वहीं पचास हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि द्वितीय पुरस्कार के रूप में दी जायेगी

इन प्रौद्योगिकियों में आर्टिफीशियल इंटलीजेन्स बिग डाटा एनालिटिक्स और ब्लाक चेयर टेक्नालॉजी शामिल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किसानों की सहायता के लिए सौ से अधिक एप्स तैयार किये हैं मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आने के पहले की मौसमी गतिविधियां बढ़ गई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के शहडोल उज्जैन इंदौर रीवा चंबल भोपाल होशंगाबाद उमरिया खण्डवा और जबलपुर में कहीं कहीं बारिश हुई सबसे अधिक बारिश सत्तर भिलीमीटर कोतिया जेठारी में दर्ज की गई आज शाम राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई बारिश होने और ठण्डी हवायें चलने से लोगों को पिछले दो दिनों से पड़ रही गर्मी से थोड़ी राहत मिली नीमच के जावद में चार मंदसौर के कयामपुर में अट्ठाइस दशमलव छह उज्जैन के नागदा में सत्रह सीहोर के नसरुल्लागंज में चौदह खण्डवा के प्रनासा में चालीस भिलीमीटर बारिश दर्ज की गई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारे पड़ने की संभावना व्यक्त की है तोमर केन्द्रीय कृषि और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में तीन तलाक का बिल लाये जाने का उददेश्य मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना है आज मुरैना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से यह महिलायें बेहतर जीवन जी सकेगी मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना आये श्री तोमर ने यहां आयोजित कई कार्यकमों में हिस्सा लिया

मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं